पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेशवासियों से पुलिस का सहयोग की अपील की जयपुर ट्रेफिक पुलिस की टैक्सी कार सुविधा की सराहना की राज्य पुलिस लॉक डाउन के दौरान अतिआवश्यक कामों के लिए आमजन को वाहनों के डिजिटल पास करेगी जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा देश में आपात स्थिति से निपटने में आर्थिक सहयोग के लिए पीएम केयर्स फण्ड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश के सभी राज्यों को एक मुश्त एक लाख करोड रूपये का अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है श्री गहलोत ने कहा है कि अनुदान राशि की पहली किश्त राज्यों को प्रतिव्यक्ति जनसंख्या के आधार पर दी जा सकती है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटीलेटर और टेस्ट किट का इंतजाम सुनिश्चित किया जाए आईसीएमआर से रेपिड टेस्ट किट की मंजूरी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक कर इसकी खरीद के निर्देश जारी कर दिए जिससे अधिक संख्या में लोगों की स्कीनिंग की जा सके

मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर एस डी गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस जांच की शीघ्र स्कीनिंग के लिए रेपिड डायग्नोस्टिक स्कीनिंग टेस्ट किट ज्यादा कारगर है और राजस्थान के परिदृश्य में इसका परिणाम जल्दी आयेंगे जिससे वायरस पर जल्द नियंत्रण में सहायता मिलेगी

इन्हें क्वोरेन्टाइन के लिए आर्मी वेलनेस सेन्टर में रखा जाएगा प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉक डाउन में पैदल ही दूसरे राज्यों और जिलों से अपने घरों को लौट रहे लोगों को गंतव्य तक पहचाने के लिए बसे उपलब्ध कराई जाएगी

उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के कारण कई मजदूर कामगार और अन्य लोग अकेले या परिवारों के साथ मजदूरी में कई किलोमीटर का सफर कर रहे हैं

आगरा दिल्ली मार्ग की बसें ट्रांसपोर्ट नगर से चलायी जाएंगी

राज्य के पुलिस महानिदेशक मूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे लोगों को अतिआवश्यक स्थिति में जयपुर ट्रेफिक पुलिस द्वारा टेक्सी कार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे मुश्किल की इस घडी में पुलिस प्रशासन को सहयोग करें और अतिआवश्यक होने पर ही डिजिटल पास और टैक्सी कार सुविधा का उपयोग करें

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सुना जा सकेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यकम को आकाशवाणी के प्रांतीय केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपात स्थिति से निपटने में आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष च्छ बात्रै बनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना महामारी के इस आपातकाल में सरकार को आर्थिक सहयोग की अपील की है

प्रधानमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष होंगे

इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे

किसानों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेती बाड़ी और इससे संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट देदी है

देशव्यापी लॉकडाउनलागू होने के बाद से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की समस्याओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं उन्हें यह जानकारी मिलीं कि किसानों को फसलें समेटने और अनाज कोमण्डियों तक पहुंचाने में अड़चने आ सकती हैं